बीते कुछ महीनों में भारत ने कोरोनाकाल में जो फैसले लिए उनसे पूरी द्वनिया चकित है

उन्होंने कहा कि देश को अपने निजी क्षेत्र पर पूरा विश्वास है आज देश में कॉरपोरेट टैक्स बाकी देशों के मुकाबले सबसे प्रतिस्पर्धी है उद्यमियों पर भरोसा कर देश आज आगे बढ़ रहा है सरकार द्वारा कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र तथा कोल्ड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्राक्चर को मजबूत किया जा रहा है श्री मोदी ने हाल में लॉन्च की गई पीएम वाणी योजना का जिक करते हुए कहा कि देशभर में सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है

झालावाड़ में आज उप जिला प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया जारी है गौरतलब है कि गुरूवार को एक मतदान केन्द्र पर पुनर्मतदान के कारण जिले में कल जिला प्रमुख चुनाव सम्पन्न हुआ था और आज उप जिला प्रमुख का चुनाव हो रहा है विशेषयोग्यजनों के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज प्रदेशभर में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं इस दौरान ब्रथ लेवल अधिकारी विशेषयोगयजनों के संस्थानो में मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटवाने और संशोधित करवाने का कार्य कर रहे है

अभी अभी मिले ताजा समाचारों के अनुसार पूर्व विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता फिर से ग्रहण कर ली है जयपुर में चल रही एक प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनका पार्टी में स्वागत किया प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल छाये रहने और ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है